चन्द्रशेखर सिंह पटना के जिलाधिकारी और लिपि सिंह सहरसा की पुलिस अधीक्षक बनायी गयीं देश भर में कोविड टीकाकरण के लिए कल होगा पूर्वाभ्यास

और उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है नव वर्ष

नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

फिलहाल फास्टैग से टोल का भूगतान लगभग अस्सी प्रतिशत तक हो रहा है प्राधिकरण को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि पन्द्रह फरवरी से यह भुगतान प्ररी तरह फास्टैग से ही सुनिश्चित करने के लिए राजमार्ग प्राधिकरण मंत्रालय से आवश्यक विनियामक अनुमति प्राप्त कर सकती है टोल प्लाजा पर नकदी का उपयोग बंद करने के लिए दोनों तरफ एक एक लेन को छोड़कर बाकी सभी लेन में सिर्फ फास्टैग से भूगतान लिया जाएगा इन लेनों में बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुने टोल का भुगतान करना होगा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए ई टिकटिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अद्यतन संस्करण का लोकार्पण किया टिकट बुकिंग के साथ भोजन विश्राम गृह और होटल की बुकिंग को भी वेबसाइट से जोड़ दिया गया है यात्री टिकट बुकिंग के साथ ही इस सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं इसी पेज पर यात्री अपना किराया वापसी की स्थिति भी जान सकते हैं टिकट ब्रकिंग के अधिक सुगम बनाने और यात्रियों के समय की बचत के लिए रेलगाड़ी की जानकारी और चयन की प्रक्रिया को आसान करते हुए सभी सूचनाएँ एक पेज पर उपलब्ध करायी गई हैं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की परीक्षा चार मई से शुरू होकर दस जून को समाप्त होंगी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की

श्री निशंक ने बताया कि बारहवीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं पहली मार्च से शुरू होंगी उन्होंने कोविड महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच छात्रों की लगातार मदद जारी रखने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों की सराहना की शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से बिना किसी तनाव के परीक्षा की तैयारी करने की अपील की है

दक्त भी रमारे पास है और सीबीएसई ने बैसे मी इन प्रस्तुतियों में तीस प्रतिशत पाठवक्रम को अपना कम किया है हम लगातार आपके साथ संवाद में है

केन्द्रीय मंत्री ने सरकार द्वारा शिक्षण के लिए विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के प्रयासों का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बीच सरकार ने जेईई और एनईईटी की परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित कीं राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सत्ताईस और भारतीय पुलिस सेवा के सैंतीस वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है देर रात सामान्य प्रशासन और गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है अब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव के प्रभार में रहेंगे

पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि को भवन निर्माण विभाग का सचिव बनाया गया है सरकार ने बारह जिलों के जिलाधिकारियों का भी तबादला किया है चन्द्रशेखर सिंह अब पटना के नये जिलाधिकारी होंगे वहीं प्रणव कुमार को मुजफ्फरपुर अवनीश कुमार सिंह को जमुई और निलेश रामचन्द्र देवड़े को सारण के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गयी है इसी तरह भारतीय पुलिस सेवा के कई अधिकारियों का भी तबादला किया गया है नैय्यर हसनैन खां को आर्थिक अपराध इकाई का एडीजी शोभा अहोतकर को होमगार्ड का डीजी और सुनील कुमार को एडीजी विशेष निगरानी इकाई बनाया गया मनु महाराज सारण रेंज के डीआईजी बनाये गये हैं लिपि सिंह को सहरसा के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गयी है वहीं निताशा गुड़िया को भागलपुर का एसएसपी बनाया गया है

प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख छियालीस हजार छह सौ पचासी हो गयी है स्वस्थ होने की दर संतानवें दशमलव पांच आठ प्रतिशत है एक दिन में दो सौ उनतीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में तीन सौ बानवे नये मरीजों की प्रष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों की संख्या दो लाख बावन हजार सात सौ बानवे हो गयी है एक दिन में ही चार लोगों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ संतानवे हो गया है प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या चार हजार सात सौ नौ है इधर ब्रिटेन से बिहार लौटने वालों में से अब तक किसी को भी कोविड पॉजिटिव नहीं पाया गया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले दिनों ब्रिटेन से लौटने वाले दो सौ छब्बीस यात्रियों में से एक सौ इक्यासी की पहचान हो च्रकी है बाकी बचे पैंतालीस यात्रियों से संपर्क किया जा रहा है विभाग के अनुसार एक सौ एक लोगों के नमूने जांच के लिए एकत्र किये गये है और अब तक आयी रिपोर्ट में से एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया है देश में कोविड उन्नीस के टीके को लगाए जाने का पूर्वाभ्यास कल से शुरू होगा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 केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख स्वास्थ सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम तीन स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा कुछ राज्यों में सुविधाओं की कमी वाले जिलों में भी यह अभ्यास किया जाएगा बिहार में पटना के साथ साथ बेतिया और जमुई में भी टीके का ड्राई रन होगा इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाना तथा इससे जुडे लोगों को प्रशिक्षित करना है इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में कोरोना टीकाकरण के लिए दुनिया का सबसे व्यापक अभियान चलाने की तैयारी हो रही है

भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे इसके लिए कोशिशे अंतिम चरनों में हैं दूनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर हैं श्री मोदी ने कहा कि दो हजार इक्कीस के लिए उनका मंत्र दवाई भी कड़ाई भी होगा नये साल को लेकर प्रदेशभर में लोगों में खासा उत्साह है लोग नये संकल्पों के साथ नव वर्ष का स्वागत कर रहे हैं वर्ष दो हजार इक्कीस का स्वागत करने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थलों को आकर्षक रूप से सजाया गया है और रंगबिरंगी रोशनी की गई है पटना के प्रमुख मंदिरों गुरूद्वारों और गिरजाघरों में लोग सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पिकनिक स्थलों पर चहल पहल देखी जा रही है हालांकि कोविड के कारण इस बार सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है सामाजिक दूरी के नियमों का पालन अनिवार्य है वहीं नव वर्ष के जश्न को देखते हुये सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किये गये हैं राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि प्रत्येक नया वर्ष एक नई शुरूआत का अवसर प्रदान करता है तथा व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के संकल्प को और मजबूत करता है राष्ट्रपति ने कहा है कि कोविड के कारण उत्पन्न यह कठिन समय सभी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का है उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई है कि यह वर्ष देश के हर नागरिक के जीवन में शांति समृद्धि और ख़ुशी लेकर आयेगा उन्होंने कहा कि कोविड का टीका उपलब्ध होने की संभावनाओं के साथ दो हजार इक्कीस का स्वागत नये उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ किया जाना चाहिए

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नव वर्ष की शुभकामना देते हुये प्रदेशवासियों से हर्ष उल्लास और सद्भाव के साथ नये साल की खूशी मनाने का आग्रह किया है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी होगी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के प्रभाव से आज से तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है

विकास योजना को अमल में नहीं लाने वाले ऐसे वार्ड सदस्यों की जिम्मेदारी अब संबंधित पंचायत के उप मुखिया को सौंप दी गयी है पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए चौबीस जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया है इन ट्रेनों में पटना रांची जनशताब्दी पटना धनबाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस अर्चना एक्सप्रेस अमृतसर सहरसा साप्ताहिक स्पेशल और बरौनी एर्नाकुलम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शामिल है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने नये साल के संकल्पों और पिछले साल की उपलब्धियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है उम्मीदों की सुबह चुनौतियों का पहाड़ दैनिक जागरण लिखता है वादो का वर्ष बीत गया बिहार के हर निश्चय को है नववर्ष से नई उम्मीद प्रभात खबर ने लिखा है बारह जिलों के डीएम बदले पटना की कमान चन्द्रशेखर सिंह को दैनिक भास्कर की सुर्खी है सीबीएसई दसवीं बारहवीं की परीक्षाएं चार मई से दस जून तक दैनिक आज ने लिखा है जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है ईपीएफ पर साढ़े आठ प्रतिशत ब्याज की अधिसूचना जारी

चन्द्रशेखर सिंह पटना के जिलाधिकारी और लिपि सिंह सहरसा की पुलिस अधीक्षक बनायी गयी देश भर में कोविड टीकाकरण के लिए कल होगा पूर्वाभ्यास

और उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है नव वर्ष